कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

इस दौरान सभी सार्वजनिक कार्यक्रम जुलूस रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा

इधर रांची जिला प्रशासन ने एसिप्टोमेटिक संक्रमितों के इलाज के लिए बेडों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है खेलगांव में सात सौ बेड की व्यवस्था की जा रही है वहीं डोरंडा अर्बन अस्पताल भी कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखा गया है सदर अस्पताल में सत्तर बेड तैयार हो चुके हैं जबकि निजी अस्पतालों में भी मरीजों के लिए अलग से बेडों की व्यवस्था की जा रही है

महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और तमिलनाडु में नये मामले बढ़ रहे हैं

इसमें आईआईटी खड़गपुर का सहयोग लिया जाएगा इस सूचकांक में राज्य के सभी बत्तीस जनजातीय समुदायों का स्वास्थ्य शिक्षा आर्थिक हालात और आजीविका आदि की जानकारी होगी और उसके आधार पर उनके कल्याण के लिए योजनाए बनाई जाएगी इस सूचकांक को तैयार करने के सिलसिले में आईआईटी की टीम विभिन्न जनजातीय इलाकों का सर्वे किया जाएगा देशभर के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में रांची को तीसरा और सिमडेगा को पांचवां स्थान मिला है इस सिलसिले में आकांक्षी जिला रांची की केंद्रीय प्रभारी अलका तिवारी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर इससे जुड़े विभिन्न मानकों से जुड़े अहम निर्देश दिए देश के एक सौ सत्रह आकांक्षी जिलों की ओवरऑल प्रोग्रेस कैटेगरी की जारी सूची में रांची को तीसरा स्थाल मिलने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को बधाई दी राज्य सरकार ने नगर निकायों में स्थित तालाबों और जलाशयों को मत्स्य जीवी सहयोग समितियों को तीन सालों के लिए बंदोबस्त करने का निर्णय लिया है नगर विकास और आवास विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है इसके तहत जिला और निकाय स्तर पर कमिटियों का गठन किया जाएगा दरअसल मत्स्य पालन पर आश्रित परिवारों की जीविका को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है राज्य में दस अप्रैल को सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा झालसा द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लोक अदालत में पहली बार केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को दिलाया जाएगा इस सिलसिले में वैसे लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं जिन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आयेदन दिया है लेकिन लाभ से वंचित हैं लोक अदालत में बिजली रेलवे बैंक बीमा वन पर्यावरण और पारिवारिक विवाद समेत विभिन सिविल मामले और समझौता योग्य आपराधिक मामलों का निपटारा वर्च्यअल और फिजिकल दोनों माध्यमों से किया जाएगा

इसके अलावा एक हजार पांच सौ लघु जलापूर्ति योजनाओं का कार्य शुरू होगा इन योजनाओं पर करीब एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें सात सौ करोड़ केंद्र सरकार और तीन सौ करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी इधर पेयजल और स्वच्छता विभाग जलापूर्ति योजनाओं की मॉनिटरिंग ई जल सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रही है इसके तहत ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लघ् जलापूर्ति योजनाओं की कार्य प्रगति पर नजर रखा जा रहा है

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि आधार दर सात दशमलव आठ एक प्रतिशत होगी

पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आठ दशमलव सात छह प्रतिशत थी हर तिमाही के अंतिम कार्यदिवस पर रिजर्व बैंक अगली तिमाही के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी और लघ् वित्त संस्थान द्वारा कर्जदारों से ली जाने वाली ब्याज दर की घोषणा करता है यह पांच बड़े वाणिज्यिक बैंकों की आधार दरों का औसत होती है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने चार मई से शुरू होनेवाली दसवीं बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं वहीं इंटर के लिए एडमिट कार्ड कल जारी किए जाएंगे

उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने पहले से चल रहे सत्रह राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और आठ नए संस्थानों के सुढ़ढीकरण और आधुनिकीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके तहत इन संस्थानों में ई लर्निंग वर्चुअल क्लास और लेबोरेट्री स्थापित की जाएगी इसके अलावा नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाई होगी और जरूरत के हिसाब से अनुबंध पर शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी

देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है नीति आयोग ने कल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न संवर्गो में निवेश के व्यापक अवसरों पर एक रिपोर्ट जारी की इसमें अस्पतालों चिकित्सा उपकरणों और सामग्री स्वास्थ्य बीमा टेली मेडिसिन गृह स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा यात्रा शामिल हैं

श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उन बैंको का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है जिसके जरिए निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी इधर स्वास्थ्य निदेशालय ने अमरनाथ यात्रा को लेकर राज्य के सभी जिलों में मेडिकल बोर्ड के गठन करने का निर्देश सभी सिविल सर्जन को दिया है मेडिकल बोर्ड यात्रा के लिए आवेदन करने वालों के स्वास्थ्य की जांच कर मेडिकल रिपोर्ट देगी

कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड ने कर्नाटक को बीस रन से पराजित कर दिया इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने छह विकेट खोकर दो सौ चौवन रन बनाए टीम के लिए इंद्राणी राय ने छियासी और रश्मि गुड़िया ने छियतर रन की शानदार पारी खेली इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कर्नाटक की पूरी टीम दो सौ चौंतीस रन पर ही सिमट गई झारखंड के लिए अश्विनी ने चार और निहारिका ने तीन विकेट लिए मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में हीटवेव चलने का पूर्वानुमान जारी किया है इस दौरान अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है विभाग के मुताबिक अगले बहतर घंटे तक मौसम के गर्म रहने की संभावना है इस दौरान कुछ हिस्सों में लगभग पचास किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी इधर कल जमशेदपुर पलामू गढ़वा लातेहार कोडरमा और चतरा जिले में पारा बयालीस डिग्री सेल्सियस के लगभग दर्ज किया गया वहीं रांची का अधिकतम तापमान उनचालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि तीन अप्रैल के बाद बंगाल की खाड़ी से नम हवा के बहने का असर झारखंड में भी देखते को मिल सकता है इस दौरान आसमान में बादल छाये रहेंगे और लोगों को गर्मी से छोड़ी राहत मिल सकती है

यहां इन प्लांटों का परीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है वहीं चौबीस अन्य नगर निकायों में भी अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट के कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जबकि गिरिडीह का प्लांट कार्य कर रहा है